चुनाव सात चरणों में ग्यारह अप्रैल से उन्नीस मई तक सम्पन्न होंगे सभी चरणों की मतगणना तेईस मई को करायी जायेगी प्रदेष की अस्सी सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव सभी सात चरणों में सम्पन्न होंगे ग्यारह अप्रैल के पहले चरण और अट़टारह अप्रैल के दूसरे चरण में आठ आठ लोकसभा सीटों पर वोट डाले जायेंगे तेईस अप्रैल को तीसरे चरण में दस सीटो पर और उन्तीस अप्रैल को चौथे चरण में तेरह सीटों पर मतदान सम्पन्न होगा छः मई को पांचवें में और बारह मई को छठें चरण में चौदह चौदह लोकसभा सीटों के लिये मतदान कराया जायेगा अन्तिम सातवें चरण में उन्नीस मई को तेरह सीटों पर वोट डाले जायेंगे पहले चरण का नामांकन अट्ठारह से पचीस मार्च तक दूसरे चरण का नामांकन उन्नीस से छब्बीस मार्च तक तीसरे चरण का नामांकन अट्ठाईस मार्च से चार अप्रैल तक चौथे चरण का नामांकन दो से नौ अप्रैल तक पांचवें चरण का नामांकन दस से अट्ठारह अप्रैल तक छठें चरण का नामांकन सोलह से तेईस अप्रैल तक और अन्तिम सातवें चरण का नामांकन बाईस से उन्तीस अप्रैल तक किया जा सकेगा चुनाव कार्यक्रमों की घोशणा के साथ ही पूरे देष में चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है लोकसभा चुनाव की घोशणा होने के साथ ही आचार संहिता लागू होने के कारण प्रदेष के सभी जिलों में राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और पोस्टर को हटाये जाने का काम प्रषासन ने षुरू कर दिया है कल षाम आचार संहिता लागू होने के साथ ही यह कार्य अभियान के रूप में षुरू कर दिया गया उम्मीदवारों को अब प्रचार सामग्री के प्रदर्षन से पहले जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर के अनुमति लेनी होगी पूर्वी उत्तर प्रदेष के नेपाल से सटी सीमा में रह रहे दोहरी नागरिकता वाले मतदाताओं को मतदान करने से रोकने के लिये व्यापक अभियान छेड़ा गया है आधिकारिक सूत्रों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि इसके लिये सीमावर्ती थाना क्षेत्रो में अभियान षुरू कर दिया गया है लोकसभा चुनाव के मददेनजर प्रदेष के सिद्दार्थनगर जिले की नेपाल से लगी अन्तर्राश्ट्रीय सीमा से षराब की तस्करी रोकने के लिये आबकारी विभाग ने दो स्पेषल चेक पोस्ट बनाये हैं अलीगढ़वा और बढ़नी में बनाये गये इन चेक पोस्टों पर विभाग के उन्नीस उन्नीस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किये गये हैं यह दोनों चेक पोस्ट लोकसभा चुनाव होने तक सक्रिय रहेंगे उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह मौजूदा स्थिति में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा संविधान पीठ को भेजने का आदेश देने के पक्ष में नहीं है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई अट्ठाईस मार्च को करेगी वह इस बात पर विचार करेगी कि यह मामला संविधान पीठ को सौंपे जाने की आवश्यकता है या नहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पदम पुरस्कार प्रदान किए एक रिपोर्ट आज के समारोह में मलयालम अभिनेता मोहनलाल दक्षिण अफ्रीका के राजनेता प्रवीण गोर्धन सिस्को के पूर्व प्रमुख जॉन चैंबर्स सांसद हक्मदेव नारायण यादव करिया मुंडा और सुखदेव सिंह ढींढसा तथा दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैय्यर को पदम भूषण से अलंकृत किया गया इसके अलावा शतरंज खिलाड़ी हरिका द्रोणवल्ली टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल सामाजिक कार्यकर्ता भगीरथी देवी तथा मुक्ताबेन डगली अभिनेता प्रभुदेवा संगीत निर्देशक शंकर महादेवन पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस जयशंकर किसान बाबू लाल दहिया तथा राजक्मारी देवी पुरातत्ववेत्ता दिलीप चकवर्ती और रूधिर रोग विशेषज्ञ मामेन चांडी को पद्मश्री प्रदान किए गया

बाकी लोगों को इस महीने होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ दो हजार सोलह के देश द्रोह के मामले में अद्यतन रिपोर्ट मांगी है न्यायलय ने पुलिस से पूछा कि बिना अनुमति के आरोप पत्र दाखिल करने की जल्दी क्या थी मुख्य जन अभियोजक ने अदालत को सुचित किया था कि मंजूरी मिलने में दो तीन महीने लग सकते हैं मामले की अगली सुनवाई उन्तीस मार्च को होगी प्रदेष षासन ने चकबंदी लेखपाल के एक हजार तीन सौ चौसठ सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया है इन पदो में से अनारक्षित श्रेणी के एक हजार दो तथा अनुसूचित जाति के तीन सौ बासठ पदो का विज्ञापन निकाला गया जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जन जाति श्रेणी के एक भी पद का विज्ञापन नहीं दिया गया था इसके मददे नजर षासन ने भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त करते हुए इस मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है गोण्डा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में आज हुयी एक सड़क दुर्घटना में दो सगे भाइयों सहित तीन युवकों की मौत हो गयी पुलिस सूत्रों के अनुसार यह दुर्घटना तब हुई जब ये युवक मनकापुर रेलवे स्टेषन से अपने घर वजीरगंज आ रहे थे